मुख्यमंत्री वहां आयोजित राम सीता स्वयंबर समारोह में शामिल होंगे राज्य सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हये बताया है कि नेपाल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जानकी मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद मधेश भवन जाकर राजनेताओं से मुलाकात करेंगे कल दोपहर मुख्यमंत्री एक भोज में शमिल होंगे जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहेंगे राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि देश में बाल मृत्यु दर घटी है तथा औसत आयु में वृद्वि हुयी है एक सर्वे के अनुसार पुरूषों के सामान्य आय् छाछठ दशमलव चार वर्ष और महिलाओं की सामान्य आय् अड़सठ दशमलव छः वर्ष है इससे स्पष्ट है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आयी है राज्यपाल आज लखनऊ के विश्वेस्वरैया प्रेक्षागृह में अन्तर्राष्ट्रीय पुरूष दिवस के अवसर पर एक समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार के लिये युवा परिवार से दूर हो रहे हैं और माता पिता अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं राज्यपाल ने कहा कि सबको साथ रखना और सम्मान करना आज की आवश्यकता है उन्होंने युवाओं को छात्र धर्म के पालन के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी साथ ही व्यक्तित्व विकास का मंत्र भी दिया इस अवसर पर पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति एससी वर्मा और पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर शम्भूनाथ भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कुम्भ मेला से संबंधित कामों को पन्द्रह दिसम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कुम्भ के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के मद्देनजर श्रद्वालुओं और पर्यटकों को जुरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसी तरह की शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने सेतु निगम जल निगम बिजली विमाग और नगर निगम के कामों की सधन समीक्षा करते हुए नैनी फ्लाई ओवर को समय से पूरा करने के निर्देश दिये साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों को कुम्म मेले के दौरान चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा उन्होंने कहा कि कृम्भ मेला क्षेत्र शहर के प्रमुख स्थानों और प्रमुख सड़कों पर लगने वाले साइन बोर्ड देश की प्रमुख भाषाओं में लगाये जाने चाहिए श्री योगी ने गंगा प्रदूषण के बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया कि गंगा और अन्य नदियों में किसी भी तरह का गंदा पानी न गिरे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये खेलो इंडिया युवा खेल अगले साल नौ जनवरी से बीस जनवरी तक महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किये जाएंगे खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौर ने कल नई दिल्ली में बताया कि इन खेलों में नौ हजार से अधिक युवा भाग लेंगे उन्होंने कहा कि इस बार विश्वविद्यालय के खिलाड़ी भी इन खेलों में हिस्सा लेंगे केन्द्रीय रेल व संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि वर्ष दो हजार उन्नीस में देश का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां हाई स्पीड ब्रॉडबैंड न हो रेल राज्य मंत्री लखनऊ में सीएमएस डिग्री कॉलेज में गाजीपुर समागम में बोल रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे बाद की जनरेशन का इंफ्रास्ट्रक्वर जो देश में बन रहा है उसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है रेल राज्यमंत्री ने कहा पूर्वाचल में गाजीपुर सबसे अधिक पिछड़ा जिला था भारत सरकार का गाजीपुर के विकास में पहले कोई योगदान नहीं रहता था लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से गाजीपुर विकास के केन्द्र में आ गया है उन्होंने कहा कि गाजीपुर दिल्ली और लखनऊ हवाई सेवा जल्द ही शुरू होगी दुनियाभर में प्रेम का प्रतीक कहे जाने वाले आगरा के प्रसिद्व ताजमहल का दीदार करना कल से महंगा हो गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विमाग ने पर्यटकों के लिये टिकटों के दामों में बढ़ोत्तरी की है घरेलू पर्यटकों को पचास रूपये के टिकट पर चमेली फर्श और मुगल बादशाह शाहजहां तथा उनकी देगम मुमताज की कब्रों के दीदार के लिए अब दो सौ पचास रूपये प्रति टिकट देना होगा वहीं विदेशी पर्यटकों को इसके लिये ग्यारह सौ रूपये और तेरह सौ रूपये का टिकट खरीदना होगा मऊ जिले के हलधरपुर थाना क्षेत्र में पहसा बाजार के पास कल रात हुयी एक सड़क दुर्घटना में चार युवकों की मौत हो गयी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि दुर्घटना तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने के कारण हुयी पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है प्रयागराज में संगम के निकट यमुना नदी में कल शाम एक नाव डूबने से पांच लोगों की मृत्यु हो गई पुलिस के अनुसार पांचों शव निकाल लिए गए हैं और छह लोगों को सुरक्षित बचाया गया है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को तलाश और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं